न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है न्यायालय ने कोरोना महामारी के लिए नयी राष्ट्रीय आपदा योजना बनाये जाने की मांग भी नामंजूर कर दी

न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित किया जा सकता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दान करने वाले व्यक्ति एनडीआरएफ में भी दान करने के लिए आजाद हैं

कोविड से मृत्युदर कम होकर एक दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गई है देश ने अब तक तीन करोड कोविड जांच का नया कीर्तिमान स्थापित किया है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कल रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया

संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग आज देववाणी एप की लॉचिंग करेंगे

मौसम विभाग ने आज पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है इनमें जयपुर का पश्चिमी भाग नागौर का पूर्वी हिस्सा और सीकर टोंक और झुंझुनू जिलों के क्षेत्र शामिल है मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि आने वाले समय मे सामान्य बारिश रहने की संभावना है और अगले एक महीने तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा